नाहन में कल वन विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वनीकरण कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा बिंदल ने कहा कि लोगों को खाली पड़ी सरकारी व निजी भूमि में पौध रोपण करने के लिए जागरूक किया जाएगा बिंदल ने वन विभाग के अधिकारियों को पौधों के संरक्षण के लिए फील्ड में जाकर कार्य करने के निर्देश दिए बिंदल ने वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा ताकि लंबित सड़कों का निर्माण कार्य जल्द प्ररा हो सके विवेक भटिया बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने डेंगू रोग पर नियंत्रण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने पर बल दिया है बिलासपुर में कल डेंगू रोग के बढ़ते मामलों की रोक थाम के लिए बुलाई गई एक आपात बैठक में उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है जिससे निपटने के लिए आपसी सहभागिता से कार्य किया जाना चाहिए उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शहर के सभी बार्डो के घरों और बाहरी क्षेत्रों में फोगिंग करने के निर्देश दिए ताकि मच्छरों के पनपने की संभावना को खत्म किया जा सकें सेमिनार एसजेवीएनएल द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के लिए कल शिमला में राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया इस दौरान सदस्यों को राजभाषा नीति संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने के अलावा हिंदी में कार्य करने और इस दौरान आने वाली भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान करने बारे चर्चा की गई मतदाता सूची कांगड़ा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की सुचियां तैयार कर लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी गई हैं कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ये सूचियां उपायुक्त कार्यालय के अतिरिक्त संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में उपलब्ध हैं

मांग अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद ईशान अख्तर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रदेश अल्पसंख्यमक वित्त विकास निगम और हज कमेटी के गठन की मांग की है उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को रोजगार के लिए ऋण उपल्ब्ध करवाए जाते है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है बीस साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद मिलेगी पूरी पैंशन मौसम पर अमर उजाला ने शीर्षक दिया है कमजोर पड़ा मानसून तीन दिन तक साफ रहेगा मौसम दिव्य हिमाचल लिखता है धर्मशाला शिमला में प्रीपेड बिजली दोनों शहरों में स्थापित होंगे सवा लाख स्मार्ट मीटर जबकि दैनिक भास्कर का कहना है हिमाचल में जल्द शुरू होगा हाईड्रल टूरिज्म टूरिस्ट जान सकेंगे कैसे पैदा होती है बिजली

शिमला शहर की साफ सफाई के लिए रोहिंग्यो को तैनात करने के मामले पर दैनिक जागरण ने लिखा है प्रशासन हिला सुरक्षा एजेंसियां हुई चौकस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ठेकेदार को किया तलब चार्जशीट पर सरकार की सुस्ती देख महकमे भी हुए लापरवाह शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है नहीं दे रहे दस्तावेज विजिलेंस ने मुख्य सचिव से की शिकायत

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है रिवालसर प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकसित दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है वनरक्षकों को खुद ही खरीदने होंगे हथियार सरकार देगी अनुदान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद अनुराग ठाकुर के आवास के घेराव से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है पुलिस से भिड़े अनुराग को घेरने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता छह जवान जख्मी

अमर उजाला की अन्य खबर है एचपीयू की रैंकिंग गिरने पर राज्यपाल का नोटिस पंजाब केसरी के अनुसार अमरजीत सिंह से वापिस लिया युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अवैध होटलों पर ताजा रिपोर्ट तलब शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है कसौल मामले में हाईकोर्ट ने डीसी कुल्लू को दिए प्रभावी कार्यवाही के आदेश अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय जानलेवा स्क्रब टायफस में बरसात के मौसम में स्क्रब टायफस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की सलाह दी है